कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें रक्षा विभाग के एचएएल और राज्य सरकार के सहयोग से लखनऊ के हज हाउस में स्थापित किये गये कोविड अस्पताल का आज केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना डब्ल्यूएचओ ने भी की है यह कोई छोटी बात नहीं है वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और जीवकिा दोनों को बचाने का कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा युद्धस्तर पर किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड नियंत्रण के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीआरडीओ एचएएल की मदद से जगह जगह कोविड अस्पताल स्थापति करने के लिये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि उपचार से बेहतर बचाव है इसलिए केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइड लाइन का पालन करिये जिससे हमें इस वायरस की चेन को तोड़ने में काफी मदद मिलेगी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा स्थापित अस्पताल का भी दौरा किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देश वैज्ञानिकों की कर्मठता और द्रढता को नमन करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि हर चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमारे वैज्ञानिकों और अन्वेषकों ने अपना पूरा दमखम दिखाया और चुनौती से निपटने के लिए कृत संकल्प होकर काम किया

श्री मोदी ने उनके जज्बे की प्रशंसा की है गृहमंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को बधाई दी है

यह बात लखनऊ में आज अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद कही

उन्होंने बताया कि अब तक जिन लोगों ने अपनी द्रसरी डोज नहीं ली है वे अपनी दूसरी डोज जरूर ले तभी उनको टीका लगाने का फायदा मिलेगा राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि सरकार द्वारा गांवों में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिये चलाये जा रहे अभियान की सराहना वर्ल्ड हेल्थ आग्रेनाइजेशन ने की है

श्री सहगल ने कहा कि हर सीएचसी पर बीस बीस ऑक्सीजन वाले बेड लगाये जा रहे हैं

राज्य में रेमडेसिविर की उपलब्धता अब पर्याप्त मात्रा में हो गई है श्री सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर व अन्य जरूरी मशीनों को कार्यशील अवस्था में रखा जाये उन्होंने बताया कि एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को सेवा के लिये अस्पतालों में लगाया जा रहा है इस कार्य के लिये राज्य सरकार पहली बार इन छात्रों को पारितोषित प्रदान करेगी राज्य में गेहूँ खरीद का काम तेज गति से चल रहा है

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव श्रवण कुमार सिंह ने कल शाम को जारी एक बयान में बताया कि सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय निजी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान पूर्णतया बंद रहेंगे इस दौरान परिसर में किसी भी शिक्षक विद्यार्थी कर्मचारी और अधिकारी की उपस्थिति नहीं रहेगी इस अवधि में ऑन लाइन कक्षाएं भी स्थगित रहेंगी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

संचार मंत्रालय ने कहा कि यह तथ्य गलत है और इसम बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है

कोविड महामारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती सकारात्मक बने रहना है इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग की एक पहल कोविड रिस्पांस टीम सीआरटी आज से पांच दिन की व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर रही है हम जीतेंगे शीर्षक वाली इस पहल का उद्देश्य समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है

इसका समापन शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के संबोधन से होगा

कोरोना महामारी के दौरान जिन बच्चों के माता पिता या अभिभावकों का निधन हो गया है ऐसे परिवारों के अनाथ बच्चों की बेहतर परवरिश के लिये सरकार ने कोशिश शुरू की है कानपूर देहात में ऐसे बच्चों की पहचान करने की कवायद शुरू की है सरकार ऐसे बच्चों की भी तलाश कर रही है जहां माता पिता दोनों कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अस्पताल में भती हैं या फिर होम आइसोलेट हैं उनके बच्चों की देखरेख की भी व्यवस्था की जाएगी जिला प्रोबेशन अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग जिला कार्यक्रम विभाग को पत्र जारी कर सहयोग मांगा है सूची तैयार करने में नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई निगरानी समितियों से मदद ली जा रही है साथ ही प्रधानों की अध्यक्षता में गठित ग्राम बाल संरक्षण समितियों से जानकारी जूटाने की कोशिश है अनाथ हुए बच्चों को चिह्नित करने में जिला प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपेक्षा जताई है